प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारम्भ किया इस योजना के तहत पांच करोड़ लघु और सीमान्त किसानों को तीन हजार रूपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन देकर उनका जीवन सुरक्षित बनाया जायेगा

कार्यक्रम के शुभारम्भ के बाद प्रधानमंत्री ने रांची के प्रभात तारा मैदान में एक जनसभा को सम्बोधित किया

इतना ही नहीं देश के करोड़ों व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरूआत भी झारखंड से हो रही है मैं इस महान धरती से देशभर के किसानों और व्यापारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं

प्रधानमंत्री ने छोटे व्यापारियों के लिए व्यापार स्वरोजगार पेंशन योजना का भी शुभारम्भ किया

प्रधानमंत्री ने झारखंड सचिवालय के नये भवन की आधारशिला भी रखी और रांची के ध्रवा क्षेत्र में झारखंड विधानसभा के नये भवन का उदघाटन भी किया प्रदेश में राज्यसभा की दो रिक्त सीटों के लिये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेन्द्र सिंह नागर और संजय सेठ ने आज विधान मंडल कार्यालय पहुंच कर अपने नामांकन दाखिल किये नामांकन के समय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे नामांकन से पूर्व एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के सम्मान क लिये काम करता है उन्होंने कहा कि केन्द्र में श्री मोदी और प्रदेश में श्री योगी के नेतृत्व में सरकारें गांव गरीब किसान नौजवान अनुसूचित अगड़े पिछड़े सभी के जीवन स्तर को सुधारते हुए लोगों के चेहरे पर मुस्कराहट लाने का काम कर रहीं है उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता के रूप में हमें जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहंचाना है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जैविक हथियारों का आतंकवाद एक बड़ा खतरा है

रक्षामंत्री आज नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सैन्य चिकित्सा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि युद्ध लड़ने के नये और गैर पारम्परिक तरीके हमारे लिए चुनौतियां हैं राजनाथ सिंह ने कहा कि परमाणु रसायन और जैविक युद्ध इस खतरे में शामिल हैं रक्षामंत्री ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा सेवाओं को इन चुनौतियों को पहचानना होगा रक्षामंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्या को भरोसा दिलाया कि भारत इस क्षेत्र के लोगों के हितों के लिए आगे बढ़कर सहयोग जारी रखेगा

सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे आज नई दिल्ली में भारतीय जन संचार संस्थान में भारतीय सूचना सेवा ग्रुप ए के प्रशिक्ष् अधिकारियों के समापन समारोह में शामिल हुए समारोह को संबोधित करते हुए श्री खरे ने अधिकारियों को कठिन परिश्रम और प्रतिबद्धता के साथ काम करने की सलाह दी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

देश और प्रदेश में आज अनंत चतुर्दशी का त्योहार श्रद्वा और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन आज सुबह से शुरू हो गया और यह कल सुबह तक जारी रहेगा गणेश चौथ से शुरू हुए इस उत्सव में दस दिनों की पूजा के बाद आज अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु अपने प्रिय बप्पा को नम आँखों से विदा कर रहे हैं लखनऊ कानपुर सम्भल औरैया इटावा सहित प्रदेश के कई स्थानों से मूर्ति विसर्जन के समाचार मिल रहे हैं इस अवसर पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन सीसीटीवी कैमरे और फ्लड लाइट्स की व्यवस्था भी की गई है मध्य कमान लखनऊ स्थित छावनी में आज से सैनिक जनरल ड्यूटी के रूप में महिला सैन्य पुलिस भर्ती शुरू हो गयी है इस भर्ती में चयनित चार हजार पांच सौ अट्ठावन महिला अभ्यर्थी चयन की अगली प्रकिया में भाग ले रही हैं

यह दुर्घटना उस समय घटी जब एक तेज रफ्तार कार खड़े हुए ट्रक में पीछे से जाकर टकरा गयी

जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनपद में बेहतर कार्य करने वालो आशा बहुओं को भी सम्मानित किया गया

उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड को सभी पात्रों तक पहुंचाने का आहवान किया

थल सेना अध्यक्ष विपिन रावत ने कहा है कि भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार है श्री रावत आज अमेठी में सेना भर्ती रैली की तैयारियों का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे

कश्मीर के लोगो को शांति बहाल करने के लिए सुरक्षा बलों को कुछ और मौका देना चाहिए प्रदेश में राजधानी लखनऊ कन्नौज बरेली पोलीभीत चन्दौली मैनपुरी कौशाम्बी हमीरपुर सहित कई क्षेत्रों में रूक रूक कर हो रही वर्षा से जहां लोगों को उमस भरी गरमी से राहत मिली है वहीं इस वर्षा से किसानों को भी लाभ हो रहा है कई जगहों पर वर्षा न होने और उमस भरी गरमी के चलते लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है